प्रदेश में आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुरू पूर्णिमा का पर्व

श्री मोदी ने कल सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा की

उज्जैन में कल दो नये मरीज मिले वहीं पांच लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज कर्फ्यू रहेगा

अशोकनगर के मुंगावली में भी एक मरीज मिला है

रायसेन के ओबेदुल्लागंज में रैपिड एक्शन फोर्स के छह जवानों की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया

निवाड़ी के छात्र ऋषभ साहू ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में नौवा स्थान हासिल किया है वहीं पन्ना जिले के पांच बच्चों के प्रावीण्य सूची में शामिल होने पर कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित किया

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में इसे स्वीकृत किया गया

गुरू पूर्णिमा प्रदेश में आज ग्रू पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है हालांकि कोरोना संकमण के चलते इस वर्ष परंपरागत कार्यक्रम के आयोजन नहीं होंगे लोग घरों में रहकर ही गुरू की आराधना करेंगे जबलपुर में ग्वारी घाट स्थित सिद्द गणेश मंदिर में गुरू पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा

वहीं बैतूल में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने जिले के श्रद्वालुओं से गुरू पूर्णिमा पर्व पर खंडवा न जाने की अपील की है धार में भी गुरुपूर्णिमा उत्साह के साथ मनाई जा रही है